विश्व यूवा कौशल दिवस के अवसर पर आज वर्चअल सम्मेलन में श्री मोदी ने यह बात कही प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल असीम होते हैं और यह समय के साथ इंसान को बेहतर बनाए रखते हैं तथा लोगों को दूसरों से अलग बनाते हैं इस वर्वअल सम्मेलन का आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किया था प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल न केवल आजीविका के लिए बल्कि हमारे दैनिक जीवन में जीवंत और ऊर्जावान बने रहने का एहसास भी दिलाते हैं श्री मोदी ने कहा कि तेजी से बदलते विश्व में लाखों क्शल लोगों की जरूरत है तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में अनेक सेक्टरों में ताखों स्किल तोगों की जरूरत है विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में तो बहुत बड़ी संगावनाएं बन रही हैं यहीं समझते हुए अब कौराल विकास मंत्रालय ने दुनिया भर में बन रहे इन अक्सरों की मैपिंग शुरू की है कोरीरा यही है कि भारत के युवा को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में उसके संबंध में भी सही और सटीक जानकारी मिल सके क्शल कर्मचारियों और नियोक्ताओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में श्रू किए गए पोर्टल का जिक्र करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों सहित कृशल कामगारों को आसानी से रोजगार हासिल करने में मदद मिलेगी इससे नियोक्ताओं को चुटकियों में क्शल कर्मचारियों से संपर्क करने की सुविधा भी मिलेगी प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि समुद्री क्षेत्र के अनुभवी भारतीय युवा निपुण नाविक के रूप में दुनियाभर के नौ परिवहन क्षेत्र में योगदान कर सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ही के दिन पांच वर्ष पहले रिकल इंडिया मिशन शुरू किया गया था इसके तहत देशभर में हजारों प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बनाए गए हैं तथा आईटीआई संस्थानों की क्षमता बढ़ाई गई है इन ठोस प्रयासों के कारण पिछले पांच वर्षो में पांच करोड़ से अधिक युवाओं को क्शल बनाया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस ने रोजगार की प्रकृति और कार्य संस्कृति में परिवर्तन कर दिया है श्री मोदी ने विश्व यूवा कौशल दिवस के अवसर पर देश के युवाओं को बधाई दी उन्होंने कहा कि हर समय नए कौशल अर्जित करने की क्षमता के कारण आध्निक विश्व युवाओं का है श्री मोदी ने प्रत्येक व्यक्ति से मास्क पहनने सुरक्षित दूरी बनाए रखने और सुरक्षित रहने का आग्रह किया प्रदेश सरकार ने साप्ताहिक बन्दी के सम्बंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं राज्य में प्रत्येक सप्ताहान्त पर पचपन घंटों तक विभिन्न प्रतिबन्ध लाग रहेंगे यह साप्ताहिक बन्दी शुक्रवार रात दस बजे से सोमवार सवह पांच बजे तक रहेगी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कमार अवस्थी ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि इस दौरान प्रदेश में सभी कार्यालय व्यावसायिक प्रतिष्ठान बाजार ग्रामीण हाट और गल्ला मण्डी बन्द रहेंगे समी आवश्यक सेवाओं वाली दुकानों और बैंकों को साप्ताहिक बन्दी से छूट दी गई है श्री अवस्थी ने बताया कि सप्ताह के शेष दिनों सोमवार से शुक्रवार तक समी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बाजारों को सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खोलने की अनुमति होगी सभी धार्मिक स्थल सामाजिक दूरी और अन्य स्वास्थ्य सम्बंधी प्रतिबद्यों का पालन सुनिश्चित करते हुए खुले रह सकते है राज्य में सभी औद्योगिक इकाईयों के संचालन को प्रतिबन्यों से मुक्त रखा गया है रेलवे और परिवहन निगम की बसों का परिचालन जारी रहेगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी बी एस ई ने दसवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं क्ल इक्यानबे दशमलव चार छह प्रतिशत छात्र उर्ततीण हए हैं इस वर्ष भी तिरान्नबे दशमलव तीन एक प्रतिशत के साथ लडकियां लडकों से आगे रही हैं क्ल नबे दशमलव एक चार प्रतिशत छात्र और अठहत्तर दशमलव नौ पांच ट्रांसजेंडर उर्त्तीण हुए हैं सीबीएसई ने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष छात्रों के उर्ततीण होने वालों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है छात्र अपने परिणाम सीबीएसई रिजल्ट्स डाट एनआइसी डाट इन पर देख सकते हैं यह परिणाम डिजीलॉकर और उमग ऐप पर भी देखा जा सकता है एक टवीट में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परिणाम घोषित होने पर सभी संबंधित लोगों को बधाई दी उन्होंने दोहराया कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य और उत्कृष्ट शिक्षा सरकार की प्राथमिकता है नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही वर्षा और वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण कुरीनगर जिले में बूढ़ी गण्डक नदी उफान पर है और कई स्थानों पर चेतावनी बिंद् के नजदीक बह रही है जिले के तमक्हीराज क्षेत्र के एपी तटबच्च पर नदी का दबाव बढ़ गया है उधर तमकुही क्षेत्र के दियारा में कल शाम बाढ़ में फसे लगभग दो सौ किसानों को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला उधर गोरखप्र जनपद में राप्ती और रोहिन नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है जिससे तटबंधों के निकट के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है प्रशासन बाढ़ की रिथिति से निपटने के लिए समी आवश्यक कदम उठा रहा है तटबंधों पर निगरानी बढ़ा दी गयी है अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है